कोरोना संक्रमण पॉजिटिव दर और मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से कम हैं

चंपावत जिले के दौरे पर आए शिक्षा मंत्री ने कहा कि इसके लिए तैयारियां प्री कर ली गई हैं उन्होंने बताया कि सोशल डिस्टेंस का पालन करते हए पहली पाली में हाईस्कूल और दूसरी पाली में इंटरमीडिएट की परीक्षाएं संपन्न होंगी शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें निर्देश दिये कि अगर कोई भी कोरोना योद्वा किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आता है तो इसकी सूचना प्रशासन को दें ताकि उन्हें समय पर क्वारंटीन किया जा सके उन्होंने लोगों से प्रवासियों के साथ भेदभाव न करने की अपील की

म्ख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में ऑनलाइन आवेदन के लिए आवेदक को वेबसाइट पर पंजीकरण करते हुए लॉग इन आईडी बनानी होगी इस आईडी से लॉग इन कर अपना नाम पता शैक्षणिक योग्यता मोबाइल नम्बर पैन नम्बर के साथ ही व्यक्तिगत विवरण और प्रस्तावित इकाई उत्पाद या सेवा निवेश वित्त पोषित बैंक जैसी डिटेल देनी होंगी आवेदन के लिए हिंदी या अंग्रेजी भाषा का विकल्प च्ना जा सकता है हाईकोर्ट उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में बनाये गये क्वारंटीन सेंटरों की दशा को सुधारने के लिये ग्राम पंचायतों को पर्याप्त मात्रा में फंड मुहैया कराने के निर्देश दिये हैं जनहित याचिकाओं पर ऑनलाइन सुनवाई करते हए हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जिन ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधानों का चयन नहीं हो पाया वहां जिलाधिकारी अन्य माध्यमों से व्यवस्था द्रुस्त करेंगे कोर्ट ने इस मामले की प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिये हैं

ग्राम प्रधान इस धनराशि का इस्तेमाल कोविड संक्रमण को रोकने में कर सकते हैं जिला मुख्यालय में हई बैठक में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए ग्राम प्रधानों को मुख्यमंत्री राहत कोष से भी प्रवासियों की संख्या के आधार पर धनराशि दी जाएगी उन्होंने एक हफ्ते में स्वास्थ्य विभाग दवारा सभी आशा कार्यकत्रियों को इंफ्रारेड गन मीटर उपलब्ध कराये जाने की बात भी कही

उन्होंने ग्राम निगरानी समिति के अलावा क्वारंटीन सेंटर्स में लगे अध्यापकों को भी मास्क और ग्लब्ज वितरित करने के निर्देश दिये हैं वहीं टिहरी के जिलाधिकारी ने श्रीदेव स्मन संयुक्त चिकित्सालय में कोरोना के मरीजों को ही रखे जाने का फैसला लिया है जिलाधिकारी ने नरेंद्र नगर के अस्पतालों में मौजूदा इंतजामों का निरीक्षण किया उन्होंने लोक निर्माण जल संस्थान और बिजली विभाग के अधिकारियों को अस्पताल में आवश्यक निर्माण और मरम्मत एक हफ्ते के अंदर पूरा करने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाएगी

कल देर शाम आयी रिपोर्ट में पांच लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की प्ष्टि हई है इनमें से तीन म्ंबई एक प्णे और एक हरियाणा से यहां आए थे जिले में अब सभी का इलाज जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में बने कोविड अस्पताल में किया जा रहा है जिले में अभी तक तेइस हजार से ज्यादा प्रवासी पहंचे हैं उन्हें संस्थागत और होम क्वारंटाइन किया गया है जिसकी निगरानी प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम कर रही है

उनके स्वास्थ्य की जांच के बाद उन्हें घर भेजा गया है म्ख्य चिकित्साधिकारी ने बताया कि अधिकतर पॉजिटिव मामले मंबई से आने वाले प्रवासियों के हैं

अस्पताल प्रशासन के अन्सार होम क्वारंटीन की सम्चित व्यवस्था नहीं होने के कारण ऐसा किया गया है एम्स निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर रवि कांत के स्टाफ ऑफिसर डा मध्र उनियाल ने बताया कि सोमवार शाम को अस्पताल में भर्ती पर्यटन मंत्री के पांच परिजनों को एसिम्टमेटिक होने के कारण केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की रिवाइज गाइड लाइन के अन्सार होम क्वारंटीन की बात पर डिस्चार्ज कर दिया गया था इसके लिए परिजनों ने ही एम्स प्रशासन से आग्रह किया था उन्होंने बताया कि घर पर होम क्वारंटीन की स्विधा नहीं होने पर परिजनों को दोबारा अस्पताल में भर्ती किया गया है इस बीच विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने होम क्वारंटाइन हए मुख्यमंत्री सहित सभी कैबिनेट मंत्रियों से फोन पर बातचीत कर उनका हालचाल जाना